केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में करीब चालीस अरब रूपये की बहउद्देशीय लखवाड़ परियोजना के लिए ऊपरी यमुना घाटी के छह राज्यों के साथ सहमति पत्र पर किये हस्ताक्षर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कानून और व्यवस्था के मुददे पर विपक्ष के हंगामे के बीच चली विधान परिशद ने पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक को अवमानना नोटिस जारी कर आज सदन में किया तलब

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वह दो हजार उन्नीस का आम चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी कल नई दिल्ली में भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि बैठक में राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के बारे में विस्तुत विचार विमर्श हआ उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी आवास योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और राज्यों में इसके क्रियान्वन की गति बढ़ाने के तरीके पर भी विचार विमर्ष किया गया श्री रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री परिषद में केंद्र और राज्यों के विभिन्न विकास कार्यों के बारे में भी विचार विमर्श हुआ श्री सिंह ने बताया कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों का ध्यान गरीबों के कल्याण पर है और सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है

ये राज्य हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा और दिल्ली केंद्रीय गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग चार हजार करोड़ रूपये की इस परियोजना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन उचित तरीके से इसके संरक्षण की जरूरत है

लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर दो सौ चार मीटर ऊंचे कॉन्क्रीट के बांध के निर्माण के बारे में है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान के प्रक्षेपण की घोषणा की थी प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसरो द्वारा देश में विकसित यह पहला मानव मिशन होगा इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ने कहा कि निश्चित समय सीमा में इस काम को पूरा करने की इसरो में पूरी क्षमता है उन्होंने कहा कि इस मिशन की सफलता के बाद अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला भारत विश्व का चौथा राष्ट्र बन जाएगा अब तक केवल अमरीका रूस और चीन ही ये उपलब्धि हासिल कर सके हैं

मुख्यमंत्री ने सुधा सिंह को राज्य सरकार में राजपत्रित अधिकारी के पद पर नौकरी दिये जाने की घोशणा भी की

विधानसभा की कार्यवाही षुरू होते ही विपक्षी दलों ने प्रदेष में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हए सरकार को घेरा विपक्ष ने आरोप लगाते हए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री सुरेष कुमार खन्ना ने कहा कि नेषनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेष में अपराध घटे हैं उन्होंने कहा कि सरकार अपराध रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है सरकार के जवाब से असंतुश्ट होकर पूरे विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया विधानसभा में कल केरल में आई बाढ़ के पीड़ितों को राहत देने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक माह का अपना वेतन देने और विधायक निधि से पांच लाख रूपये दिये जाने की घोशणा की इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सहमत थे उधर विधान परिशद में कल एक अवमानना का मुद्दा उठाया गया जिसमें सभी दल के सदस्यों ने पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक को सदन में तलब किये जाने की मांग की सभापति रमेष यादव ने अवमानना के मामर्ले में पीलीभीत जिले के पुलिस अधीक्षक को आज सदन में तलब किया है समाजवादी पार्टी के सदस्य षतरूद्र प्रकाष ने विषेशाधिकार हनन का नोटिस देकर यह मामला उठाया

अब छह सितम्बर तक प्रति छात्र छात्रा से सौ रूपये विलम्ब षुल्क लेकर प्रधानाचार्य आवेदन करा सकेंगे बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी

पीलीभीत जिले में तेज बारिष से षारदा नदी उफान पर है सौ से अधिक गांव पानी से धिर गये हैं और फसलें जलमग्न हो गई हैं जिले में बीसलपुर बरेली मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल के ठीक न होने से आवागमन बंद है जौनपुर जिले के सुजानगंज बदलापुर रोड पर सई नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है जिससे इलाहाबाद गोरखपुर मार्ग और सुजानगंज बदलापुर मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है इसकी वजह से निचले क्षेत्रों में पानी का दबाव बढ़ने लगा है लोग अपने मवेषियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं बाढ़ कंट्रोल रूम के अधिकारी अषफाक अहमद खां ने बताया कि कल गंगा का जलस्तर करीब इकहत्तर मीटर के आसपास पहुंच गया जिसके और बढ़ने की संभावना बनी हुई है जिला प्रषासन ने गंगा के जलस्तर में वृद्वि को देखते हए नदी में नाव चलाने स्नान करने और मछलियां पकड़ने पर रोक लगा दी है केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार रामगंगा नदी मुरादाबाद और षाहजहांपुर में घाघरा नदी अयोध्या में षारदा नदी लखीमपुर खीरी में बढ़ रही है मौसम विभाग ने प्रदेष के कई जिलों में तेज बारिष होने की चेतावनी जारी की है

महानिदेषक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पदमाकर सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नये षव वाहन मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस माह के अन्त तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे

इस बार कुंभ पर आधारित चित्र रेखांकन ग्राफिक्स और मूर्ति विशयक प्रदर्षनी लगाई जायेंगी प्रदर्षनी में भाग लेने वाले श्रेश्ठ कलाकृतियों में से दस कलाकारों को पुरस्कृत किया जायेगा प्रत्येक कलाकार को पचास हजार रूपये की धनराषि पुरस्कार स्वरूप दी जायेगी इस प्रदर्षनी में भाग लेने को लिए कलाकार तीस सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं इसके लिए कलाकारों को पांच सौ रूपये प्रवेष षुल्क अधिकतम तीन कृतियों के लिए देना होगा

विशेष न्यायाधीश बबीता रानी ने आतंकी गुट हूजी के इन आतंकवादियों पर छह छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है